मुख्यमंत्री ने टीकाकरण के लिए डेडिकेटेड बैंक खाता खोलने की मंजूरी दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि संकमण के प्रसार को रोकने के लिए अधिकतम लोगों का टीकाकरण जल्द से जल्द होना जरूरी है श्री गइलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री सहायता कोष के अन्तर्गत सी एम आर एफ कोविड वैक्सीनेशन अकाउंट में यथाशक्ति स्वैच्छिक सहयोग करें ताकि कोविड की इस भीषण चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके

काउंसिल के अध्यक्ष डॉ के के शर्मा और रजिस्ट्रार महेश शर्मा ने बताया कि नर्सिंग स्टाफ पूरे मनोयोग से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और इसके उपचार में सक्रिय है

आईसीएमआर ने कहा कि मौजुदा समय में संकमण के मामले अधिक होने के कारण जांच प्रयोगशालाओं पर काफी दबाव है और जांचकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं इसे देखते हए आरटी पीसीआर जांच के विवेकपूर्ण उपयोग और साथ ही समी नागरिकों तक यह जांच सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है परिषद ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट अथवा आरटी पीसीआर जांच में एक बार पॉजिटिव घोषित हो चुके व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी देते समय दुबारा यह जांच कराने की जरूरत नहीं है

परिषद ने कहा कि संकमण फैलने से रोकने के लिए जरूरी है कि कोरोना के लक्षण वाले लोग गैर जरूरी और दूसरे राज्यों की यात्रा न करें परिषद के अनुसार सचल जांच प्रयोगशालाओं को जीईएम पोर्टल से जोड दिया गया है और राज्यों को चाहिए कि वे इसका उपयोग कर सार्वजनिक और निजी प्रयोगशालाओं में आरटी पीसीआर जांच में तेजी लाए

प्रदेश में कल लगातार दूसरे दिन कोरोना संकमण के नये मामलों में कमी आई है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

पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने बताया कि दवाओं की कालाबाजारी करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है श्री लाठर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से दायर याचिका में तीस अप्रेल को भी इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए गए है